सम्मेलन के आज दूसरे दिन नवीकरणीय ऊर्जा जल विद्युत लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग फार्मास्यूटिकल रेलवे और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर समानांतर क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए गए केंद्रीय रेल व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने इस अवसर पर निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र व हिमाचल सरकार मिलकर रेलवे उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों को जोड़कर प्रदेश में विकास के लिए प्रभावी तरीके से काम करेंगी पीयूष गोयल ने कहा कि इसके लिए हिमाचल सरकार के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देशभर में कई मानकों में सर्वश्रेष्ठ है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से हिमाचल आने वाले वर्षो में तेज़ गति से प्रगति करेगा समापन समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जानी थी मगर खराब मौसम को देखते हुए उनका दौरा रद्द हो गया इस बीच केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उद्यमियों से पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश का आग्रह किया है धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के आज दूसरे दिन निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार एक हॉलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य शुरू किया है जयराम ठाकुर ने कहा कि फल और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के लिए हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं और इच्छुक निवेशकों को सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को और अधिक आकर्षक व उद्योगमित्र बनाने के उददेश्य से पर्यटन आयुष सूचना प्रौद्योगिकी व इलैक्ट्रॉनिक्स और जल विद्युत के क्षेत्रों में नीति में ज़रूरी संशोधन किए हैं जयराम ठाकुर ने आवास शहरी विकास और परिवहन क्षेत्र के समझौता ज्ञापन धारकों के साथ बैठक में बताया कि उद्यमियों की परियोजनाओं को तय समय में स्वीकृति देने में सरकार एक सुविधा कारक की भूमिका निभाएगी इससे पहले उन्होंने आरोग्य और आयुष के समझौता ज्ञापन धारकों के साथ भी बैठक की इस अवसर पर उद्योग मंत्री विकम ठाक्र और शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे विक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने इन्वेस्टर्स मीट को सफल बताते हुए इसे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बताया है उन्होंने निवेशकों को आने वाली बाधाओं के समाधान का भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता सरकार की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है और विपक्ष को भी इस पर भरोसा करना चाहिए विरोध रैली कल्लू जिला कांग्रेस समिति ने आर्थिक मंदी बेरोजगारी इन्वेस्टर्स मीट और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर आज एक विरोध रैली निकाली जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में रजनी पाटिल ने कहा कि देश में चल रही आर्थिक मंदी और बेरोजगारी और किसानों की हालत को देखते हुए आम जनता को प्रदर्शन के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने समाज के सभी वर्गो से अयोध्या राम मंदिर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की अपील की है ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि अयोध्या पर सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत का निर्णय जल्द आने वाला है उन्होंने कहा कि फैसला जो भी आए उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए वीरेन्द्र कंवर ने सभी वर्गों से बेवजह बयानबाजी न करने की अपील के साथ सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की सलाह दी है मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में आज दूसरे दिन भी रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में कही कहीं वर्षा हो रही है

केलंग से हमारे प्रतिनिधि कुंदन लाल ने बताया कि रोहतांग दर्रा बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं घाटी की अंदरूनी सड़कें भी वाहनों आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं लोगों ने आपातकाल में रोहतांग टनल के माध्यम से आवाजाही शुरू करने की मांग की है चंबा ज़िले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले भागों में बारिश का समाचार है चंबा पांगी वाया साच पास मार्ग बंद हो गया है हालांकि लोगों ने इस बर्फबारी और वर्षा को फसलों की पैदावार के लिए लाभदायक बताया है उधर किन्नौर ज़िले के दूरदराज़ व ऊंचाई वाले इलाकों में हुए ताज़ा हिमपात से सेब सहित अन्य पारंपरिक फसलों को नुकसान हुआ है कांगड़ा ज़िला के धर्मशाला में दिनभर रूक रूक कर वर्षा होती रही जबकि राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिनभर हल्के बादल छाए रहे